मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिले के डॉ राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में कम समय लग रहा है और कभी कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है इसलिए स्वयं परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि एहतियात बरती जाए जयराम ठाकुर ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्वि दर्ज की जा रही है

धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की जनता से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने का आहवान किया है धूमल ने आज अपनी पत्नी सहित कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने के बाद कहा कि कोविड वैक्सीनेशन भी वैश्विक महामारी से बचने का एक उपाय है लेकिन इसके साथ साथ जरूरी दिशा निर्देशो का पालन करना भी आवश्यक है उन्होंने कहा कि सभी वैक्सीनेशन लगवायें मास्क लगाएं स्वच्छता रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें धूमल ने कहा कि उचित सावधानी बरतने से हम खुद को अपने परिवार को और समाज व देश सहित मानवता को भी बचाएंगे किसान संघ भारतीय किसान संघ की राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हिमाचल को सूखा ग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है ताकि रबी की फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत मिल सकें संघ ने जिलाधीशों और तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे

उन्होंने कहा कि परीक्षा की समय सारणी व ऑलनाईन आवेदन की प्रकिया की पूरी जानकारी हिप्पा की बैवसाईट पर उपल्बध है

उन्होंने कहा कि जब से हिमाचल में लगातार बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार के साथ स्वरोजगार भी बढ़ रहा है सोलन को नगर निगम बनाने के फैसले पर बिंदल ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता